उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं आज नई दिल्ली में अपनी पुस्तक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विमाचन किये जाने के अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को दलगत हितों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि श्री नायडू का अनुशासन और समयबद्वता पर सबसे ज्यादा जोर रहा प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वेंकैया नायडू को जो भी काम सौंपा गया उसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया और वे हर काम के अनुरूप खुद को सहजता से ढाल लेते हैं समारोह को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडीदेवेगौड़ा ने भी संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्वस्तरीय अलकनन्दा क्रूज का लोकार्पण किया श्री योगी ने अपने सहयोगी मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ क्रूज की सवारी की और गंगा पार डोमरी गांव पहुंच कर यहां आयोजित जन चौपाल में भाग लिया इस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है गंगा नदी में इस विशेष जल यात्रा सेवा के शुरू होने से लोगों में अत्यधिक उत्साह है इस क्रूज में एक सौ पच्चीस लोग सवार हो सकते हैं

क्रूज सेवा की विशेषता यह है कि गंगा में बाढ़ आने या जलस्तर कम होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस क्रूज में रूद्राभिषेक पूजा अर्चना और पार्टी करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं मिर्जापुर जनपद आगामी सत्रह सितम्बर को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ हो जायेगा

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि खुले में शौच मुक्त होना ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जिले के छानबे विकास खंड के गाजीपुर विरौराबारी और वैशपुर में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और निवारण का आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार गांव तथा गरीबों के उत्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक औषधालयों से दवाओं के बिक्री नियमों का मसौदा जारी किया है इसका उददेश्य देश भर में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का नियमन और विश्वसनीय ऑनलाइन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराये बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिक्री भण्डारण या प्रचार नहीं कर सकता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

श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि होने के कारण जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकियां सजाई गयी हैं लोगों ने अपने घरों में भी झांकियॉ सजाई हैं जहां मध्य रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जायेगा मथुरा सहित प्रदेश में कई स्थानों पर जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जायेगा मथुरा में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है जन्माष्टमी के चलते मथुरा के विभिन्न मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है

श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्मोत्सव की तैयारियॉ जोर शोर से पूरी की जा रही हैं मंदिर परिसर को सतरंगी रोशनी से सजाया गया है गर्भगृह भागवत भवन सहित अनेक मंदिरों को सुरूचिपूर्ण ढंग से जगमग किया जा रहा है

श्रद्वालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बन्दोबस्त किये गये हैं जगह जगह बैरीकेडिंग कर यातायात को नियंत्रित किया गया है

उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार वर्षा के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है

झांसी शहर में भारी वर्षा के कारण सीपरी बाजार में एक मकान के गिरने से एक बच्ची की मौत हा गयी

एक अन्य महिला की टहरौली थाना क्षेत्र में मकान गिरने से मौत हो गई जबकि दो अन्य लोगों की ड्रब कर मृत्यु होने की ख़बर है इस बीच झांसी और ललितपुर में बाढ़ में फसे कुल चौदह लोगों को हेलीकाप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया सम्भल जिले के जुनावयी ब्लॉक के कई गांवों में नरौरा बांध से छोड़ा गया पानी प्रवेश कर गया है जिससे ग्रामीण परेशान हैं ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है फिरोजाबाद संभल ललितपुर और झांसी सहित अनेक जनपदों में भारी बारिश हो रही ह

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव मनोहर सहित तीन को सरस्वती पुरस्कार और प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह और डॉक्टर मोनिशा बनर्जी सहित छह शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा इन शिक्षकों को पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस पर लखनऊ के लोकभवन में सम्मानित किया जायेगा सरस्वती सम्मान के तहत तीन लाख रूपये और शिक्षक श्री सम्मान के तहत डेढ़ लाख रूपये बतौर पुरस्कार दिये जायेंगे सम्मान प्राप्त करने वालों में राजकीय पीजी कॉलेज हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर सत्येन्द्र सिंह और देवनागरी महाविद्यालय मेरठ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजेन्द्र सिंह यादव को सरस्वती पुरस्कार से नवाजा जायेगा इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ओमप्रकाश पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय डीएलडब्ल्यू वाराणसी के डॉक्टर रजनीश चन्द्र त्रिपाठी अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी की डॉक्टर अनीता सिंह और विधि जय बुन्देलखंड कॉलेज ऑफ लॉ पनारी ललितपुर के डॉक्टर दिनेश बाबू को शिक्षक श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा चन्दौली जनपद के चकिया क्षेत्र में स्कूली बालिकाओं को ले जा रहे एक वाहन के नहर में पलट जाने के कारण दो छात्राओं की मृत्यु हो गई जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई यह दुर्घटना चकिया चन्दौली मार्ग पर मोहम्दाबाद के पास घटी घायलों को चन्दौली के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है इनमें से दो छात्राओं की स्थिति गंभीर है और उन्हें वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया है पुलिस ने बताया कि सैय्यद राजा थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय से राजदरी देवदरी पिकनिक स्पॉट का भ्रमण कर ये छात्राएं वापस जा रही थीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साहित्यकार तथा राज्यसभा के पूर्व सदस्य रत्नाकर पाण्डेय का कल दिल्ली में निधन हो गया पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर आज वाराणसी लाया गया जहां कांग्रेस कार्यालय में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद मणिकणिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनेता साहित्यकार और उनके प्रशंसक मौजूद थे बयासी वर्षीय रत्नाकर पाण्डेय ने हिन्दी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

इसमें दक्षिण एशिया में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही संगठन के अनुसार पर्यटकों की संख्या में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारत में परिस्थितियों का बेहतर होना और वीजा प्रक्रिया का सरल होना था पिछले वर्ष डेढ़ करोड़ से ज्यादा पर्यटक भारत आए